इसके साथ ही व्यापार सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन भी होगा

प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए निशुल्क वाहनों की व्यवस्था की गई

कोरोना से बचाव के लिये शासन द्वारा तय दिशा निर्देश का पालन इस परीक्षा के दौरान सख्ती से किया जा रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिये जांच की संख्या बढ़ाने संकमितों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है

शिवपुरी के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गये बैतूल जिले में एक पूर्व विधायक सहित उनके परिवार जन कोरोना संक्रमित पाए गये हैं वहीं जबलपुर में कोरोना संकमण के कारण एक चिकित्सक की मृत्यु हो गई रिसर्च लैब मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस जौरा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ की रिसर्च लैब खोली जायेगी

राज्य शासन ने इसके लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है इस समिति में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय और नाबार्ड के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे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

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है

इसके लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है